उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने एक आयोग गठित करने का फैसला किया है मुख्यमंत्री ने इस आयोग के गठन की कार्यवाही को तेज करने के निर्देश दिए हैं श्री योगी लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी कामगारों के कौशल का व्यौरा जुटाने का काम जारी रखा जाए उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत कार्यो को बरसात के मौसम में भी जारी रखने की संभावनाएं तलाशी जाए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराने के भी निर्देश दिए श्री योगी ने कहा कि प्रदेश की सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयों में उत्पादित पीपीई किट मास्क और अन्य सामान की खरीद सरकार के स्तर से की जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क का उपयोग न करने पर जिन व्यक्तियों का चालान किया जाए उन्हें ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित मास्क उपलब्ध कराए जाएं श्री योगी ने टिड्डी दल के प्रकोप से किसानों की फसलों को बचाने के लिए अधिकारियों को पूरी सतर्कता और साक्वानी बरतने के भी निर्देश दिए हैं

पिछले चौबीस घंटों में तीन हजार दो सौ अस्सी लोग ठीक हुए हैं और छह हजार नौ सौ सतहत्तर नये मामलों की पृष्टि हुई है देश में संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख अड़तीस हजार आठ सौ पैंतालिस हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कत्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घटों के दौरान एक सौ चौवन लोगों की मौत हुई है इस वायरस से मरने वालों की क्ल संख्या चार हजार इक्कीस हो गई है केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने के लिए देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त ढांचा स्थापित कर लिया गया है इन सुविधाओं को तीन श्रेणियों में समर्पित कोविड अस्पताल कोविड स्वास्थ्य केंद्र और कोविड देखभाल केंद्र में बांटा गया है

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रंखला में कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराता है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोने जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है जैसे जैसे अब आफिसेज खुल रहे हैं तोग आफिस आ रहे हैं एक तो आफिस में सोशल डिस्टेसिंग कि आफिस में भी अगर आप बैठे है तो कम स्टॉफ रखें उनकी दूरी जो हैं कम से कम छह फिट या दो मीटर की दूरी में बैठे हो आपस में खाना इकट्ठा न खायें जैसे आफिस में अंदर आये या अफिस र्क बाहर जायें तो अपने सैनिटाइजर से हाथ साफ रखें कई अफिसेज यह भी कर रहे हैं जो अच्छी है कि एक ही जगह से लोग अंदर आये और द्रसरी जगह से बाहर जायें जिससे मिक्रिंग न हो वन वे आना जाना हो दरवाजों में या रास्तों में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहें देश भर में आज ईद उल फित्र का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेश वासियों को ईद उल फित्र पर श्भकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से कोविड नाइन्टीन के भयावह संकट के बीच मानव सेवा की भावना को और मजबूत बनाए रखने का आह्वान किया उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् ने कहा कि ईद का त्यौहार समाज में दया दान और परोपकार की भावना को मजबूत करता है प्र्वानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि यह पर्व करुणा भाईचारे और सदभावना का संदेश देता है प्रदेश की राज्यपाल आन्नदीबेन पटेल ने अपने संदेश में कहा कि ईद का त्यौहार हमें एकता भाईचारे और एक दूसरे से प्रेम का संदेश देता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामना देते हुए लोगों से ईद मनाने के लिए बाहर न निकलने की अपील की है हॉकी के जाने माने खिलाड़ी और तीन बार के ओलम्पिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का पंजाब में मोहाली के एक निजी अस्पताल में आज सुबह साढ़े छः बजे निधन हो गया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैकेया नायड़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलबीर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है